मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में आज एक दो स्थानों पर दी भारी बारिश होने की चेतावनी

नई दिल्ली के सेना अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली उनके सम्मान में देशभर में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है

उन्हें दस अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने के कारण उनका ऑपरेशन किया गया था

उन्होंने केंद्रीय वित्त रक्षा विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में भी काम किया श्री मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे वह पांच बार राज्यसभा और दो बार लोकसभा के लिए चुने गए श्री मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के नेता के रूप में भी काम किया

सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा

राज्यसभा भी इसी दिन लेकिन अलग वक्त पर बैठक करेगी

इनमें सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन करना तथा एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने के लिए दीर्घाओं और कक्षों का इस्तेमाल भी शामिल है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं इस बारे में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि जेईई मेन और नीट अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू नहीं माना जाएगा उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों के लिए प्रवेश पत्र की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी को वैध पास माना जाएगा इस बीच जयपुर शहर में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और अन्य शहरों में रोडवेज द्वारा नीट और जेईई मेन परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर मुफ्त परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी

इस बीच जयपुर में भाजपा विधायक अशोक लाहोटी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं

कल जारी परिपत्र में डीजीसीए ने कहा कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर यह रोक लागू नहीं होगी हालांकि चुनिंदा हवाई मार्गो पर पहले से स्वीकृत की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रहेगी

श्री गहलोत ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हए कहा कि इन सुविधाओं के विस्तार से अल्पसंख्यक बाहल्य क्षेत्र में लोगों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ मिलेगा

इससे पहले कल उदयपुर सिरोही डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जोधपुर बाड़मेर पाली और जालौर जिलों में भारी बारिश हुई है बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में माही बांध के चार गेट आधा मीटर खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है